राज्य में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली सोसायटियों पर लगाम लगाने के लिए मैकेनिज्म होगी तैयार प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज में लाई जाएगी तेजी

उन्होंने कृषि तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इस योजना के तहत बैंक से ऋण दिलाने में किसानों की सहायता करने तथा जिला स्तर पर अभियान चलाने को कहा श्री गहलोत कल जयपुर में कृषि सहकारिता और अन्य विभागों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि फसल उत्पादों में वैल्यू एडिशन होने से उनकी कीमत भी बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

मुख्यमंत्री ने कई मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा देकर उनकी कमाई लूटने के मामलों पर अधिकारियों को ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए कि भविष्य में प्रदेश में ऐसी कोई भी सोसायटी गरीब जनता को झांसे में नहीं ले सके

इसके लिए उन्होंने विभाग के सेवा और भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन तीन महीने में पूरा कर भर्ती की अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड का अधिकाधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया है श्री गहलोत ने कॉनफेड और सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में एकरूपता लाने तथा इनके माध्यम से दवाओं की पारदर्शी और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए

राज्य सरकार इस योजना के तहत जरूरतमंदों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल मुख्यालय के बोर्ड रूम में कोचिंग हब के डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए वास्तुविदों से प्रस्तुतिकरण लिए गए हैं उन्होंने बताया कि इन डिजाइनों में से अब जल्दी ही कोचिंग हब के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कोचिंग हब का काम समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा

उन्होंने पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन कर रही कंपनियों से भी उत्पादकता बढ़ाने को कहा है डॉ अग्रवाल कल जयपुर में पेट्रोलियम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह शानदार उपलक्षि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर कड़ाई से अमल कर हासिल हो पायी है

सरकार ने कहा है कि वह कोविड जांच से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के बाद मौजूदा परिस्थितियों में मांग पर जांच कराने की अनुमति देने पर विचार करेगी

श्रीगंगानगर में कल हुई बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं सवाई माधोपुर जिले में भी कल देर शाम बरसात का दौर रुक रुक कर चला मौसम विभाग ने आज बारा कोटा अलवर झुंझुनूं झालावाड़ और सीकर जिलों तथा इनसे लगते क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है